प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर देखने के लिए कल से शुरू होगी आंकलन प्रक्रिया

उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आव्हान किया कि वह आने वाले वर्षो में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एसोचौम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेज भी आयेंगे और अनेक नये सरल सॉल्युशन्स भी आयेंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है मुख्यमंत्री उद्योग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि प्रदेश के स्थानीय उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी राज्य सरकार एनएमडीसी और केन्द्र सरकार के साथ लगातार इस संबंध में प्रयास कर रही है उन्होंने प्रदेश के उद्योगपतियों से बस्तर के वन क्षेत्रों में लघ् वनोपजों में वैल्यू एडिशन के लिए छोटी छोटी इकाइयां लगाने का भी आव्हान किया है मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ के नवा बिहान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन के लिए वन विभाग के माध्यम से मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने की पहल करेगी इससे ऐसे उद्योग स्थापित करने में उद्योगपतियों को आसानी होगी वहीं संग्राहकों को वनोपजों का अच्छा मूल्य मिलेगा साथ ही उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री प्रतिमा अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेमेतरा जिले के ग्राम सिलघट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नाथूराम टिकरिहा स्वर्गीय सुखलाल टिकरिहा और समाजसेवी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद टिकरिहा की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर और पथ प्रदर्शक है उनका हमारे समाज के साथ साथ देश के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है श्री बघेल ने कहा कि ग्राम सिलघट राजनीतिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से प्रगतिशील गांव रहा है जहां अनेक विभूतियों ने जन्म लिया

हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोरोना संक्रमण हुआ है या नहीं इसके बावजूद कोरोना वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोरोना वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी मंत्रालय ने कहा है कि पहले चरण में कोरोना वैक्सीन क्छ चुनिंदा प्राथमिकता वाले समूहों को दी जायेगी क्योंकि उन पर कोविड का अधिक खतरा है वैक्सीन का अंतिम परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है

हालांकि मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए टीका लगवाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है इस कारण से लोगों को ये सलाह दी गई है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका जरूर लगवायें कोरोना समाचारजागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख चौंसठ हजार से अधिक हो गई है वहीं सत्रह हजार चार सौ से अधिक कोरोना पॉजीटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इस बीच प्रदेश में कोरोना से अब तक तीन हजार एक सौ तिरसठ व्यक्तियों की मौत हो चुकी है इधर महासमुंद जिले के धान खरीदी केन्द्रों में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की कोरोना जांच की जा रही है पिथौरा विकासखंड के पेण्ड्रावन जगदीशपुर भस्करा पाली घोंच परसदा और भूरकोनी स्थित धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत् कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई जिसमें सत्रह कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जिला प्रशासन ने समिति के कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है महासमुंद जिला कलेक्टर ने आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक लेकर कोरोना टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना करने के निर्देश दिए जिले में तीन नये कोल्ड चैन प्वॉइंट बनाए जाने के साथ ही टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लान भी तैयार किया जा रहा है इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली पद्मश्री शमशाद बेगम ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

इस मौके पर उन्होंने एनएमडीसी खदानों में अधिकारी और कर्मचारियों से भी मुलाकात की इसके बाद श्री कुलस्ते जगदलपुर वापस लौट आए उल्लेखनीय है कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है इसके मद्देनजर बैलाडीला में एनएमडीसी की खदानों के साथ ही नई खदानें शुरू किए जाने की भी तैयारियां चल रही हैं

इसके लिए इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टर कार्यक्रम की निगरानी करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हिन्दी और गणित विषय की बेहतर शिक्षा ले सकें इस कार्यक्रम के बाद बच्चों की शिक्षा का स्तर देखने के लिए कल बीस दिसंबर से अगले वर्ष मार्च महीने तक आंकलन प्रक्रिया चलाई जाएगी धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जोरों पर है सहकारी समितियों में धान बेचने के दौरान किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है कई उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की कमी और धान का उठाव नहीं होने के कारण खरीदी कार्य भी प्रभावित होने लगा है

हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे भाजपा प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज मुंगेली स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया शिविर में कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति और सिद्धांत के बारे में अवगत कराया गया इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में धान खरीदी कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है गिरदावरी में त्रुटि के कारण कई किसानों का रकबा घट गया है उन्होंने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है इसी तरह जरहागांव और लोरमी में भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया कार्यक्रम में श्री साय के अलावा सांसद अरूण साव और विधायक पुन्नूलाल मोहले भी शामिल हुए उधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में ग्रामीण मंडल के प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम आयोजित किया गया विधायक नारायण चंदेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया किसान महापंचायत आंदोलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के हितों और कृषि कानुन को लेकर देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत कवर्धा के गांधी मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार के कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है डॉक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दो वर्षो में प्रदेश के किसानों का शोषण हुआ है घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार असफल रही है किसान महापंचायत को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने भी संबोधित किया दूसरी ओर केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को वापस लेने और समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के किसानों का दल तीस दिसंबर को नई दिल्ली के लिए रवाना होगा राजनांदगांव के ग्राम पनेका में आयोजित किसान संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन के समर्थन में किसान बारी बारी से दिल्ली जाएंगे घासीदास जयंती समाज को एकता भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाले बाबा गुरू घासीदास की जयंती के अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेशवासियों और सतनामी समाज के लोगों को बधाई तथा शुभकामनाए दी हैं श्रीमती गांधी ने अपने संदेश में कहा है कि गुरू घासीदास ने अट्ठारहवीं सदी में सामाजिक आर्थिक सुधार जैसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किए और कमजोर वर्गों को उनके आत्मसम्मान का अहसास कराया गुरू घासीदास का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है घनाराम साहु निधन गूंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक घनाराम साहू का आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री साहू के निधन पर शोक व्यक्त किया है वहीं विधायक देवेन्द्र यादव विद्यारतन भसीन अरूण वोरा और पूर्व विधायक बीडी कुरैशी ने भी श्री साहू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है

पिछले दो वर्षो में सैंतालीस शहीद और तीन सौ चौहत्तर सामान्य मृत्यु के प्रकरणों में पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए

मौसम प्रदेश में मौसम साफ होने के बाद अब ठंड बढ़ने लगी है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर बिलासपुर बस्तर और दुर्ग संभागों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में और सर्वाधिक अधिकतम तापमान इकतीस डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क और आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है वहीं राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान सत्ताईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी

महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र में दो युवतियों के अपहरण का मामला सामने आया है सांसद चुन्नीलाल साहू र्न जिले के पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर युवतियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से जल्द छुड़ाने के निर्देश दिए हैं

इस मामले में जामुल पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है